उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उनके और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पुरा पालन किया जा रहा है राज्य में कोरोना जांच की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में भी तेजी आई है पॉजीटिविटी दर में भी लगातार कमी आ रही है जिसके कारण मरीजों की संख्या कम हो रही है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिन इलाकों में अभी संक्रमण बढ रहे हैं वहां अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि प्रदेश में शासकीय और निजी कोरोना अस्पतालों तथा कोविड सेंटरों के बिस्तरों की पूरी जानकारी ऑनलाइन है ताकि कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सके इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया इसके अलावा श्री बधेल ने प्रधानमंत्री से यह भी आग्रह किया कि प्रदेश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऐसे में ऑक्सीजन की अस्सी प्रतिशत मात्रा अस्पतालों को और बीस प्रतिशत छोटे छोटे उद्योगों को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी जाए ताकि ये उद्योग अपना काम शुरू कर सके इस पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री कोविड केयर सेंटर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांजगीर चांपा जिले में सात नये कोविड केयर सेंटरों का उद्घाटन किया इनमें उपलब्ध पांच सौ आठ बिस्तरों में से दो सौ चौदह बेड ऑक्सीजनयुक्त है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जांजगीर चांपा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न जिला बनेगा इसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि जिले के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री अरपा तट संवर्धन इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में तिरानवे करोड़ सत्तर लाख रूपये की लागत के अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवनदायिनी अरपा नदी बिलासपुर का ही नहीं छत्तीसगढ का गौरव है उन्होंने कहा कि अरपा को पुनर्जीवित करने राज्य सरकार ने अनेक कॅदम उठाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा उत्थान और तट संवर्धन योजना में नदी के दोनों किनारों पर इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक फोरलेन आध्रनिक सड़क बनाई जाएगी इससे शहर का यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सकेगा उधर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने आज आरंग में छत्तीसगढ़ राज्य मंडार गृह निगम द्वारा लगभग छह करोड़ तिहत्तर लाख रूपये की लागत से दस हजार आठ सौ भीटरिक टन क्षमता के बनने वाले गोदाम का वर्च्यअल भूमिपूजन किया कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरूण वोरा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए लॉकडाउन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन की अवधि आगामी इकतीस मई तक बढ़ा दी गई है राजनांदगांव दूर्ग महासमुद कबीरधाम गरियाबंद रायगढ मुंगेली सूरजपूर कोरिया दंतेवाड़ा कोंडागांव और जगदलपुर जिले में भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर इकतीस मई कर दिया गया है जबकि बीजापुर और सुकमा जिले में लॉकडाउन एक जून तक रहेगा संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है आदेश के मुताबिक लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान कई व्यावसायिक गतिविधियों की संचालन की छूट रहेगी सूपर मार्केट बाजार सब्जी बाजार मॉल शो रूम स्वीभिंग पुल क्लब सिनेमा हॉल सेलून और व्यूरी पार्लर बंद रहेंगे शराब दकाने और बार नहीं खलेंगे फल और सब्जी के थोक बाजार रात बारह बजे से सुबह छह बजे तक खुलेंगे पान ठेला चौपाटी चाट समोसा गुपचुप और फास्ट फूड दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं होगी वहीं होटल और रेस्टोरेंट से सुबह छह से रात नौ बजे तक होम डिलेवरी हो सकेंगी आदेश में कहा गया है कि किराना डेली नीड़स फल सब्जी अंडा मछली दूध की दुकाने शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा गौरतलब है कि कल रायपुर सहित बिलासपुर बलरामपुर बलौदाबाजार कांकेर सरगुजा धमतरी कोरबा बेमेतरा और जशपुर जिले में संबंधित कलेक्टरों द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया था कोरोना समाचार छत्तीसगढ में राज्य के निन्यानवे प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है प्रदेश में इस वर्ग के लोगों के टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन रहा है इस वर्ग के टीकाकरण का राष्टीय औसत नवासी प्रतिशत है प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिथति में तेजी से सुधार हो रहा है

कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान को लिए राज्य में बड़े पैमाने पर कोविड जांच की जा रही है

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमण के सात हजार छह सौ चौंसठ नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कृल संख्या नौ लाख सात हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में एक लाख दस हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक सौ उनतीस लोगों की मृत्य हई है वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक चार सौ ग्यारह शिक्षको की मृत्यु हो चुकी है लेकिन दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अब तक क्लेम की राशि नहीं मिल पाई है छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन संघ ने राज्य सरकार से अनुकंपा नियुक्ति के साथ अतिशीघ क्लेम की राशि भुगतान करने की मांग की है उधर बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा सभी वार्डो में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है इस काम में मितानिनों का सहयोग लिया जा रहा है कोरोना समीक्षा मुख्य सचिव अमिताम जैन ने कल वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश में कोरोना संक्रमण और नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कलेक्टरों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों को कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन के साथ काम करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि आगामी बीस मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ के छह जिले बलौदाबाजार भाटापारा रायगढ़ जांजगीर चांपा कोरबा बिलासपुर और सूरजपुर के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करेंगे उन्होंने कहा कि इन सभी जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के उपायों सहित अन्य जानकारी अद्यतन कर ली जाए बैठक में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के उठाव और मिलिंग की भी समीक्षा की गई केंद्रीय मंत्री ऑक्सीजन उत्पादन केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी कोरोना संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ सहित देश के अन्य राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

इनमें से एक मरीज की मौत हो गई है जबकि एक अन्य मरीज को एम्स रायपुर रिफर किया गया है वहीं चार मरीजों का डॉक्टरों की देखरेख में घरों पर ही इलाज किया जा रहा है जिला कोरोना नियंत्रण दल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिरूद्व कसार ने बताया कि जिले के सभी निजी अस्पतालों और शासकीय कोविड केयर सेंटरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्ध शहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है मंत्रालय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन अर्धशहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है इसलिए इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने के प्रयास तेज करने के लिए सभी स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है

इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है कोविड रोगियों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिये ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति को इन उपकरणों के प्रावधान के लिए संसाधन जूटाने चाहिए कोविड रोगियों के परिवारों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली विकेसित की जानी चाहिए इस कार्य में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्ध्तर के स्वयंसेवकों की सहायता ली जानी चाहिए घर में क्वारंटीन लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए

किट में दवाइयों का विवरण और उन्हें लेते समय सावधानी के ब्योरे के साथ विस्तृत पर्चे भी होने चाहिए

बैठक में डी प्ररंदेश्वरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण अभियान को गति देने में राज्य सरकार पूरी तरह असफल रही है उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि सेवा ही संगठन अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक जुडे और प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताएं इस मौके पर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में भाजपा कार्यकर्ता आम जनता की मदद के लिए सक्रिय हों बैठक को केंद्रीय मंत्री रेणका सिंह प्रदेश अध्यक्ष विष्णदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया अनशन गिरफ्तार महासमुद में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना और रेडी दू ईट में कथित अनियमितता की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे महिला और बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले को आज उनके निवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के अनशन पर बैठने के कारण श्री बोदले को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री बोदले के अनशन का समर्थन किया है पूर्व राज्यमंत्री पूनम चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को इस मामले की जानकारी दी है राज्यपाल वर्चुअल कार्यशाला राज्यपाल अनुसुईया उइके आज आदिवासी सेवा मंडल भोपाल द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार के संबंध में आयोजित वर्चअल कार्यशाला में शामिल हुई कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि आदिवासी समाज स्वाभिमानी होता है वह स्वयं से किसी चीज की मांग नहीं करता लेकिन यह समय है कि समाज के पढ़े लिखे और सक्षम लोग सामने आकर अपना योगदान दें उनकी मदद करें राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार कोरोना से लड़ने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है लेकिन वनांचल में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग जिनके पास टीवी रेडिया या समाचार पत्र के साधन नहीं है उन तक शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती ऐसे में समाज के शिक्षित और सक्षम वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें जागरूक करें विधिक सहायता कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा है कि देश में प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुरूप उसकी सहायता के लिए बनाए गए कानूनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कानून को जानने वाले लोगों की संख्या कम होने के कारण अधिकांश लोगों को लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मौसम भीषण चक्रवाती तूफान ताऊ ते के अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज होने की संभावना है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक द्रोणिका बनी हुई है इसके कारण प्रदेश में नमीयुक्त हवा आ रही है इसके प्रभाव से राज्य में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार प्रदेश में अट्ठारह से चवालीस आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू किए गए सीजी टीका वेबपोर्टल में आई तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन माओवादियों को खिलाफ पुलिस वाहन को बम विस्फोट से उड़ाने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं दुर्ग जिले के भिलाई तीन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एलईडी लाइट मैन्युफेक्चिरिंग कंपनी में आग लगने से करोडों रूपये का सामान जलकर खाक हो गया है नारायणपुर जिला कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ग्राम महिमागवाड़ी पहुंचे और किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी